राष्ट्रपति भवन में उनसे मिलने एए भारतीय वन सेना के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत में श्री कोविंद ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकारें देश की वन सम्पदा के संरक्षण और हरियाली को बढ़ाने के हरसंभव प्रयास कर रही हैं उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में गरीब और जनजातीय लोग देश के वन क्षेत्र के आसपास रहते हैं राष्ट्रपति ने कहा कि वनों के संरक्षण के प्रयास लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर और उन्हें शामिल करके ही सफल हो सकते हैं

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर लोगों को श्भकामनाएं दी हैं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनता से हर महीने संवाद के लिए रेडियो को चुना है क्योंकि उन्हें विश्वास है कि रेडियो ही एक ऐसा जरिया है जो देश में समाचारों के साथ मनोरजन का भी माध्यम है एक ट्वीट संदेश में श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार एक नई शुरूआत करने जा रही है

हालांकि सदन की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष डॉ सी पी जोशी ने इस मामले में नियमों का हवाला देते हुए कहा कि वे नियमों की पालना करवाना चाहते हैं ताकि सदन की गरिमा बनी रहे उन्होंने कहा कि सत्र शुरू होने से पहले भी उन्होंने सभी दलों के नेताओं को बुलाकर चर्चा की थी श्री जोशी ने कहा कि उन्होंने जो निर्णय किये हैं उन्हें प्रभावशाली बनाने में सभी सदस्यों को मदद करनी चाहिए इस पर प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि सदन में प्रश्न आने के बाद वह सदन की संपत्ति बन जाती है और उस पर पूरक प्रश्न पूछने की परंपरा रही है संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने भी कहा कि सत्र शुरू होने पर पूर्व हुई बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया इस दौरान प्रतिपक्ष के उपनेता और अध्यक्ष के बीच बहस भी हुई श्री राठौड़ ने कहा कि उन्होंने इस प्रस्ताव का बैठक में भी विरोध किया था इस मुद्दे पर कोई सर्वसम्मति नहीं बनने के कारण भाजपा सदस्यों ने आज भी प्रश्न नहीं पूछे

विधायक कृष्णा प्रनिया के तारांकित प्रश्न पर शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने विधानसभा में बताया कि राज्य सरकार खेल और खिलाड़ियों की सुविधाएं बढ़ाने के लिए कटिबद्ध है उन्होंने कहा कि पुरस्कार देने वाले सभी विभागों की समिति बनायी जाएगी और इस बारे में शीघ्र निर्णय लिया जाएगा इस पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपीजोशी ने हस्तक्षेप करते हुए व्यवस्था दी कि राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में विचार कर निर्णय लेना चाहिए

जिसके बाद से बांध के कमाण्ड क्षेत्र की नहरों में पानी नहीं छोडा जा रहा है उन्होंने कहा कि वे इस मसले पर संभागीय आयुक्त से चर्चा करेंगे और इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे

बीकानेर में मदरसा पैराटीचर्स ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया जालौर जिले के मदरसा पैराटीचर्स ने किले की घाटी से रैली निकालकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट कर चंद्रशेखर आजाद और लोकमान्य तिलक को श्रद्धांजलि दी